लगभग एक पखवाड़े तक चले राजनेताओं के चुनाव प्रचार के बावजूद मतदाताओं का मौन और राज्य की पंद्रह वर्ष प्रानी भाजपा सरकार के खिलाफ कथित असंतोष और सत्ताविरोधी रूझान को लेकर अंडर करंट जैसी खबरों के बीच रिकार्ड मतदान को कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ तो भाजपा नेता अपनी ही सरकार में पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं

इस बार भी ज्यादा मत डाले गए और इसका लाभ सत्तारूढ़ दल भाजपा को मिलेगा उधर प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि यह रिकार्ड मतदान राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई आदि के खिलाफ है शिवराज सरकार से आम लोग ऊब गए हैं किसान भी परेशान है वहीं मोदी सरकार की नीतियों के कारण काम धंधे चौपट हो गए हैं मतदान आमार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगभग शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रदेश के मतदाताओं चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का आमार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह मतदाताओं ने मतदान के लिए उत्साह दिखाया और लोकतंत्र में जागरुकता का परिचय दिया उससे भारतीय लोकतंत्र समृद्ध हुआ है उन्होंने कहा कि मतदान का कम जिस तरह सुबह से शुरू हुआ और मतदान समाप्ति तक लंबी लाइनों में लगकर मतदाताओं ने अपनी बारी का इंतजार किया उससे ये बात स्पष्ट होती है कि अपने अधिकारों के प्रति जहां हर वर्ग में उत्सुकता जागी है वहीं कर्तव्यों के प्रति भी जागरुकता आई है वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बड़ी संख्या में लोगों के मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर आभार व्यक्त किया है उन्होंने एक बयान में कहा कि इतने अधिक प्रतिशत में मतदान लोगों की जागरूकता का परिचायक है वित्तमंत्री वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि देश को स्वास्थ्य देखभाल के लिए जी एस टी जैसे संघीय ढांचे की आवश्यकता है नई दिल्ली में आज सी आई आई की स्वास्थ्य संबंधी शिखर बैठक में श्री जेटली ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य देखभाल के लिए अलग अलग खर्चा कर रही हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को लोगों की पहंच में लाने और वहन करने योग्य बनाने के लिए उन्हें एकीकृत कर देना चाहिए श्री जेटली ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना रफ्तार पकड़ लेगी जिससे मरीजों को अपने अधिकार प्राप्त हो सकेंगे और इसके अन्तर्गत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं से स्वास्थ देखभाल सेवाएं उपलब्ध् कराने की व्यवस्था में सुधार होगा

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से कहा है कि कुछ स्थानों पर मशीन खोलने में मतदान दलों को समस्याए आई थी जिसके कारण मतदान प्रकिया देर से शुरू हुई इससे नाराज होकार अधिकांश मतदाता बिना मतदान किये ही चले गये पार्टी ने कहा है कि सतना जिले में मतदान प्रकिया लंबे समय तक बाधित रही जिसके कारण वहां दोबारा मतदान कराये जाने की जरूरत है भाजपा ने भिंड ने असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है और पुर्नमतदान की मांग की है वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ईवीएम खराब होने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि ईवीएम खराब और बंद होने से मतदान प्रभावित हुआ है मतदान खत्म होने के बाद श्री नाथ ने एक प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि हर जिले से ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली हैं उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों पर ईवीएम की खराबी से मतदान तीन घण्टे से अधिक रुका रहा वहां पर पुनर्मतदान कराया जाये नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी निर्वाचन आयोग से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेने की मांग की है

वित्त मंत्रालय के अनुसार अंतरिम बजट तैयार करने का काम शुरू हो गया है मंत्रालय ने पिछले महीने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी इसके लिए इस्पात बिजली आवास और शहरी विकास मंत्रालयों के बीच बैठकें आयोजित की गई ताकि चालू वर्ष के लिए संशोधित व्यूय अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानों पर विचार किया जा सके

सम्मेलन का विषय है निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे जिसका विषय रखा गया है सबसे पहले जनता

उन्होंने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों तथा आतंकवाद को घन उपलब्ध कराने वाली ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और समन्वित कार्रवाई की जरूरत है

भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने दो गोल किए मनदीप सिंह आकाशदीप सिंह और ललित उपाध्याय ने एक एक गोल दागा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वकप हॉकी में भारतीय टीम की शानदार जीत पर बधाई दी है विश्वकप में आज दो मैच खेले जायेंगे पूल ए में अर्जेंटीना में कल सामना स्पेन से होगा दूसरा मैच न्यूजीलेंड और फ्रांस के बीच खेला जायेगा

उनकी सुविधा के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थायें की गई थी